श्री नड्डा ने कहा कि सबसे अधिक मलेरिया प्रभावित देशों में से भारत ही एक ऐसा देश है जहां इसी बीमारी को कम करने में महत्वपूर्ण प्रगति की है इस अवसर पर फ्रांस के स्वास्थ्य मंत्री और विश्व स्वास्थ्य संगठन क उप महा निदेशक विश्व निधि के कार्यकारी निदेशक भी मौजूद थे महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में प्राध्यापक भर्ती प्रक्रिया में बदलाव बारे समीक्षा याचिका अगर न्यायालय में अस्वीकार कर दी है जो केन्द्र सरकार इसके लिये एक अध्यादेश जायेगी मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने आज राज्यसभा में कहा कि इस सम्बधी कोई भी भर्ती नहीं की जायेगी जब तक कि मामला पूरी तरह सुलझ नहीं जाता उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार अनुसूचित जाति अनुसूचित जन जातियों का सामाजिक न्याय दिलाने प्रति वचनबद्व है हमारे संवाददाता ने बताया कि समाजवादी पार्टी बह्जन समाज वादी राष्ट्रीय जनता दल और अन्य कई पार्टियां पिछले बुध्वार से इस मुद्दे को उठा रही है जिस कारण राज्यसभा की गतिविधियां बाधित हो रही है

केन्द्रीय मंत्री अरूण जेटली ने कांग्रेस की तीन तलाक बिल पर रवैये की आलोचना की है और कहा है कि कांग्रेस अध्यक्ष राहल गांधी मुस्लिम औरतों के विरूद्व अत्याचार के इतिहास को दोहराना चाहती है एक फेसब्क संदेश में श्री जेटली ने कहा कि हाल ही हुये बरेली मामले ने उनकी अंतरआत्मा को झंकझोर दिया है और ये म्स्लिम पर्सनल लॉ में निकाह हलाला का घिनौनी प्रथा से सम्बधित है उन्होंने कहा कि क्छ घटनायें इतनी अप्रिय होती है कि वो सारे समाज की जमीर को झकझोर देती है और मजबूतर करती है इसके लिये कोई उपचारात्मक कदम उठाए जाये श्री जेटली ने कहा कि द्र्भागवंश ऐसे मौके पर कांग्रेस अध्यक्ष राहल गांधी और उनके साथियों ने अल्पसंख्यक सम्मेलन को सम्बोधित करते हये संसद में लम्बित विधेयक को वापिस लेने का वादा किया है इससे पहले मंत्री ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने पहले ही तुंरत तलाक को असंवैद्यानिक करार दिया है श्री जेटली ने कहा कि जितने वोट महत्वपूर्ण है उतनी सही को सही कहना भी परन्त् राजनैजिक अवसरवादी केवल कल होने वाले म्ख्य समाचारों की ओर ध्यान देते है और राष्ट्र निर्माता अगली सदी के बारे सोचते है

बजट में इस बार भी सबका साथ सबका विकास की झलक मिलेगी वित्तमंत्री आज ग्रूग्राम में दीन बंध् सर छोट् राम जयंती के मौके पर कार्यक्रम में शामिल होने बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे इंडियन नैशनल लोकदल नेता अभय चौटाला दवारा लगाये आरोपों बारे पूछे जाने पर वितमंत्री ने कहा कि उनकी परिवारिक लड़ाई सार्वजनिक हो गई है ऐसे में वे इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते कल प्रदेश में बारिश व ओलावृष्टि से फसलों को पहंचे न्कसान पर विंतमंत्री ने कहा कि सरकार ने पिछले चार साल में एक रिकार्ड कायम करते हये किसानों के न्कसान का दस ग्णा म्आवजा दिया है और किसान को मुसीबत के समय अकेला नहीं छोड़ा गया उन्होंने कहा कि इस बार भी न्कसान का आंकलन करके जल्दी म्आवजे की घोषणा की जायेगी

हिसार के स्कूलों में आज बच्चों को पेट के कीड़ मारे की दवा दी गई भिवानी में स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों और डाकटरों की टीम ने आंगनवाड़ी ने झ्गी झोपड़ी और इंट भट्टों पर जा कर बच्चों एल्बेंडाजोंल की गोली खिलाई

यमुना नगर के संवाददाता के अन्सार सिविल सर्जन डा कुलदीप सिंह ने एक निजी स्कुल में जाकर बच्चों को पेट के कीड़े मारने की दवाई दी

स्वास्थ्य विभाग के कार्यरत राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के कर्मचारियों द्वारा आज चौथे दिन भी हड़ताल जारी रखी गई सिरसा से हमारे संवाददाता ने बताया कि जिले में आज भी सेवायें बाधित रही कर्मचारी अस्पताल परिसर में धरने पर बैठे रहे कर्मचारी नेता कृंदन लाल ने कहा है कि सरकार की ओर से कोई सकारात्मक जवाब न आने पर हड़ताल को तीन दिन और बढ़ाया गया है